रेल विद्युतीकरण रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय रेल का अगले साढे तीन वर्षो में पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा

श्री गोयल ने भारतीय उदयोग परिसंघ द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारतए अक्षय ऊर्जा और विनिर्माण विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया उन्होंने कहा कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है और उद्योग जगत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सनए वन वर्ल्डए वन ग्रिड की अवधारणा को बढ़ावा दिया है और भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नेतृत्व कर रहा है उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण के लिए लाभदायक होने के साथ ही आर्थिक रूप से देश के लिए लाभदायक है हरेला सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लोगों से अपने दिवंगत परिजनों और मित्रों की स्मृति या किसी भी श्भ अवसर पर एक पौधा लगाने की अपील की है हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के प्रसिदध लोकगायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधा लगा कर स्मृति वन का उदघाटन किया उन्होंने कहा कि न केवल पौधे लगाने हैं बल्कि इनकी उचित देखभाल भी सुनिश्चित करनी है उन्होंने गांव के प्रधान और क्षेत्रवासियों से इन पौधों के संरक्षण के लिए पौधे गोद लेने का भी आहवान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही पौधे कम लगाए जाएं लेकिन जितने भी लगाए उनको जीवित रखने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इससे जुड़ना होगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हरेला के लिए बड़ा लक्ष्य रखा गया था लेकिन कोरोना महामारी के कारणए सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण यह सम्भव नहीं हो पाया

राज्यपाल हरेला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि हरेला पर्व उत्तराखण्ड की लोक परम्पराओं और संस्कृति से जुड़ा पर्यावरण संरक्षण का महोत्सव है हरेला पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिलता है आज राजभवन में हरेला के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि औषधीय और स्वास्थ्यवर्द्धक पौधों के रोपण को विशेष महत्व दिया जाना चाहिये

कार्यक्रम में उन्होंने हल्दीए घृतक्मारीए तूलसीए गिलोयए लेमन ग्रास जैसे औषधीय पौधे वितरित किये उन्होंने कहा कि यह पांच पौधे हर घर में होने चाहिए इस अवसर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कहा कि राज्य में पर्यावरण और वनों के संरक्षण में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास पर पौधे रोपित किए हरेला प्रदेश कोरोना महामारी के बीच आज प्रदेशभर में हरेला पर्व मनाया गया उत्तराखंड में हरेला एक लोक प्रिय लोक त्योहार है श्रावस मास में मनाये जाने वाले इस त्योहार को हरियाली के आगमनए घर की सुख समृदधि और भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है बागेश्वर जिले में हरेला के अवसर पर वृहद वृक्षारोपण किया गया जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सभी से जल संवर्धन के लिए वृक्षारोपण की अपील की अल्मोड़ा में हरेला पर्व जोरशोर से मनाया गया हरेले से एक दिन पहले शाम को शिव परिवार के मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा की गई

परिवार के बड़े सदस्यों ने छोटों को हरेला लगाकर आशीर्वाद दिया हरेला छह सात अनाजों के बीज को मिलाकर घर के मंदिर में टोकरी में बोया जाता है

ऊधमसिंह नगर जिले में जिलाधिकारी डा नीरज खैरवाल ने कैम्प कार्यालय में आम लीची और अन्य पौधे लगाकर सभी को त्योहार की बधाई दी जिलाधिकारी ने कहा कि अगले हरेला पर्व पर सभी विकासखण्ड स्तर के कार्यालयों को ई ऑफिस से जोड़ दिया जायेगा उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पौधरोपण का कार्य किया गया है उन पौधों की देख रेख की जिम्मेदारी सम्बन्धित लोगों की होगी

हरेला कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हरेला पर्व पर पौधरोपण किया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने लोगों को पर्व की बधाई दी उन्होंने राज्य के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अगले एक पखवाड़े तक अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की अपील की पार्टी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के एक इंटर कालेज में पौधे रोपे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का देश और द्निया के पर्यावरण में विशेष योगदान है

पॉजिटिव केस आ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट भी बेहतर है

राज्य स्तर पर लगातार स्थिति की समीक्षा की जाती है और जरूरी व्यवस्थाएं स्निश्चित की जाती हैं उन्होंने कहा कि सर्विलांसए टेस्टिंगए कान्टेक्ट ट्रेसिंगए क्लिनिकल मैनेजमेंट और जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

मास्क का प्रयोगए दो गज की दूरी और हाथों को बार बार धोने जैसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें अपनी आदत में शामिल करना होगा

इसके अतिरिक्त दिल्ली और चंडीगढ़ में भी सैम्पल टेस्टिंग के लिए भेजे जा रहे हैं क्छ अन्य प्राईवेट लैब को भी मंजूरी दी गई है हरेला गढवाल गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में हरेला पर बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया पौड़ी जिला मुख्यालय जिला प्रशासन और वन विभाग के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने पूजा अर्चना के बाद ब्रांस का पौधा रोपा कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों ने भी पौधे रोपे उच्च शिक्षा मंत्री ने हरेला को जन पर्व बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया

सरकारीए अर्द्ध सरकारी विभागों एनजीओए महिला युवक मंगल दलों ने भी वृक्षारोपण किया

जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में हरेला पर्व से मनाया जाने वाला श्रावणी मेला कोरोना संक्रमण को देखते हए स्थगित कर दिया गया है यह धाम विश्व में धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है हर साल यहां भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं मेलाधिकारी मोनिका ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जागेश्वर परिसर में पौधा रोपण और हवन कर श्रावण मास की पूजा अर्चना का शुभारंभ किया गया उन्होंने बताया कि इस बार मंदिर परिसर में बाहर से फड़ लगाने वालों को भी अन्मति नहीं दी गई है

देहरादून में स्बह से ही बारिश का सिलसिला श्रू हो गया था जो दिनभर रुक रुक कर जारी रहा